परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा कल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जायेगा पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और अध्यापक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों के उत्तर देंगे और चुनिंदा विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से उबरने के बारे में विचार विमर्श करेंगे शिक्षक छात्र और उनके माता पिता इस कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं पिछले वर्ष जनवरी में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से अपने जीवन में तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल के बारे में बातचीत की थी

राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर सभी पोलियो बूथ सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक खुले रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में पांच साल से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस वर्ष पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में आर्मी हैलीपेड के नजदीक आर्मी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गये पोलियो बूथ में पहॅचकर नौनिहालों को पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम का शुभारभ किया इस दौरान उन्होंने कहा कि नवजात बच्चों को पोलियो जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है कि हम सभी जागरूक अभिभावक के तौर पर अपने बच्चों को पोलियो खुराक अवश्य पिलाएं उन्होंने कहा कि लोगो की जागरूकता के कारण देश और प्रदेश से पोलियो का सफाया हो चुका है लेकिन एहतियात के तौर पर आयोजित होने वाले पोलियो दिवस पर अपने बच्चों को पोलियो की ख्राक अवश्य पिलानी चाहिए उधर चमोली जिले के जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में नवजात शिशुओं को पोलियो प्रतिरक्षण ड्रॉप पिलाकर पल्स पोलियों प्रतिरक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया

बागेश्वर जिले में भी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई जिला अस्पताल में नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और एडीएम राहुल कुमार गोयल ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित आशा कार्यकत्रियों को जिला रेडक्रॉस समिति की टीम ने भी इस अभियान में सहयोग प्रदान किया अल्मोडा में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी और अपर जिलाधिकारी बी एल फिरमाल ने किया

चिकित्सा शिविर राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आज डोईवाला के कुडकावाला में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने क्षेत्र के लोगो की जांच कर उन्हे दवाईयां उपलब्ध कराई

शिविर में स्थानीय लोगों ने बढ चढ कर इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया सीएए वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून पीडित वर्गों को नागरिकता देने मात्र के उद्देश्य से बनाया गया है आज चेन्नई में इस विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों से पलायन कर भारत आए लोगों को नागरिकता देने के लिए भी कानून में ऐसे ही संशोधन किए गए थे श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा संशोधन भारत के किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करने के लिए नहीं है

सबसे पहले एजाज खान के निर्देशन में बनी फिल्म हामिद दिखाई जाएगी

इस चौंपियनशिप की विजयी टीम आगामी फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह में जयपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय बैडमिंटन चौंपियनशिप में प्रतिभाग करेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि स्वस्थ मन एवं शरीर के लिए खेलना जरूरी है उन्होंने कहा कि हम सभी को अपनी दिन चर्या से एक घण्टा खेल के लिए अवश्य निकालना चाहिए उन्होंने चौंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों से खेल भावना का परिचय देते हुए खेल के प्रति समर्पण के भाव पर जोर दिया इस दौरान डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार आईजी कुम्भ मेला संजय ग्ंज्याल डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष एस सी विरमानी सहित खेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे

इस अवसर पर अपर सचिव युवा कल्याण प्रताप सिंह शाह ने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को नकद पुरस्कार और मेडल प्रदान कर पुरस्कृत किया इस मौके पर उप निदेशक युवा कल्याण शक्ति सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे मिनी मैराथन अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में आज कुमाऊँ रेजीमेंट द्वारा राष्ट्रीय एकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया विभिन्न वर्गों में आयोजित की गयी इस प्रतियोगिता में महिलाओं और पुरुषों सहित कुल पांच सौ से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया मालरोड से शुरू हुयी यह मैराथन मिलिट्री अस्पताल रानीझील होते हुए नरसिंह मैदान में संपन्न हुयी इस राष्ट्रीय एकता मिनी मैराथन का शुभारंभ कर्नल डी के जोशी ने हरी झंडी दिखकर किया बर्फबारी परेशानी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ रहा लेकिन उचाई वाले इलाको में पूर्व में हुयी वर्फबारी से स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उत्तरकाशी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है जिले में पहाड़ तो बर्फ से लकदक हैं ही कई गांव गलियां और रास्ते भी बर्फ से पटे हुए हैं यहां इस सीजन में अब तक चार बार हो चुके हिमपात से जिले के विभिन्न इलाके बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं सुखी टॉप में जहां तीन से चार फीट तक बर्फ जमी हुई है वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर ं चलना भी मुश्किल हो रहा है यहां बर्फबारी की आगोश में कई गांव भी हैं मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में भी जबरदस्त हिमपात हुआ है बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहां जहां दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं वहीं स्थानीय लोगों के लिए यहां परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो गया है सड़कों पर बर्फ जमा होने से आवाजाही प्रभावित है और बिजली न होने से दर्जनों गांव अंधेरे में डूबे हैं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही स्थिति में जल्द सुधार कर लिया जायेगा मौसम बागेश्वर जिले में आज मौसम साफ रहने से लोगों को राहत मिली सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे और पिंडर घाटी में हल्का हिमपात हुआ जिससे दो सड़कें आवागमन के लिए बंद हो गईं हैं और वहां बिजली पानी सड़क संचार में दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने मौसम विभाग के हवाले से बताया कि कल मौसम शुष्क रहने की संभावना है और आसामान में आंशिक बादल छाये रहेंगे कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है